प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स से वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की

प्रधानमंत्री ने भारत में इस स्वास्थ्य संकट का सामना करने के सुविचारित दु ष्टिकोण को रेखांकित किया

नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजद्रों फेरी लगाने वालों जनजातीय लोगों छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्व रोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा जनजातीय लोगों के लिए वक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि जनजातीय लोगों को वक्षारोपण परियोजनाओं में रोजगार देने की छह हजार करोड रुपये की योजना पहले ही चल रही है सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है इसके अलावा राष्ट्रीय क्रषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था की गई है

सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेंदू या चावल और एक किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की है

वहीं आज शाम चार बजे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कांफ्रेंस करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री किसानों को राहत पहुंचाने के लिए घोषित किये गये पैकेज का झारखंड के किसानों ने स्वागत किया है

इन गाड़ियों में तीस जून तक आरक्षित समी टिकटों की पूरी राशि यात्रियों को वापस कर दी जायेगी

ये टिकटें मौजूदा विशेष यात्री रेलगाडियों और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली रेलगाडियों के लिए जारी की जाएंगी

आरक्षण की अधिकतम अवधि सात दिन रखी गयी है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

राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है विभिन्न जिलों में प्रवासी मजदूरों के आने के कारण भी संक्रमितों की संख्या में वुद्धि हो रही है कल हजारीबाग जिले के आठ पलामू के सात रांची के पांच कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम जिले से एक एक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई इसके साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो सौ से अधिक हो गयी है पलामू के उपायुक्त डॉक्टर शांतनु अग्रहरि ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित जिन मरीजों की पहचान हुई है वे ॅसभी प्रवासी श्रमिक गुजरात के सूरत से लौटे थे

इधर कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड में एक कोरोना संक्रमित मामले की पुष्टि हुई है जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति बीते दिनों कोलकाता से आया था और सर्दी खांसी की शिकायत के बाद उसने खूद जाकर अपना सैंपल दिया था

कोडरमा जिले में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से कार्य करने की व्यवस्था को सुचारू बनाने के बारे में एक प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है

उन्होंने जोर दिया कि इन परीक्षाओं का मूल्यांकन जल्द से जल्द किया जाएगा और परिणाम भी शीघ्र घोषित कर दिये जाएंगे उन्होंने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाएगी इसके साथ ही सीबीएसई नौवीं और ग्यारहवीं के असफल विद्यार्थियों को स्कूल आधारित ऑनलाइन ऑफलाइन या नवोउन्मेष परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा बोर्ड का कहना है कि ये अवसर उन सभी विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं या परीक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई है इस मामले में विषयों की संख्या और परीक्षा में शामिल होने पर भी विचार नहीं किया जायेगा बोर्ड ने इसे असाधारण परिस्थितियों में उठाया गया कदम बताया

पहली द्र्घटना रांची पटना रोड स्थित चुट्पालू घाटी मे हुई जिसमें बेकाबू ट्रेलर ने दो लोगों की जान ले ली वहीं दूसरी दुर्घटना में रांची टाटा रोड स्थित तमाड़ थाना क्षेत्र के नुरपा मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि एक गम्भीर रूप से घायल हो गया

संक्षिप्त खबरें राज्य सरकार ने कल ग्यारह विभागीय सचिवों का तबादला किया है केके खंडेवाल को विकास आयुक्त बनाया गया है अविनाष कुमार को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा तथा राहुल षर्मो को स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग भेजा गया है इसी तरह हिमाणी पॉडेय को योजना सह वित्त विभाग और आराधना पटनायक को ग्रामीण विकास सचिव बनाया गया है चतरा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुंदा थाना क्षेत्र के गेंदरा गांव से साढ़े सात किलोग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके पास से कट्टा और आठ एमएम के तीन जिंदा कारतूस भी जब्त किये गये हैं उत्तराखंड स्थित भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का कपाट आज सुबह साढ़े चार बजे से खुल गया है